सिरमौर जिले के पच्छाद के फागू में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिदंल करेंगे शिमला जिले के चौपाल के धवास में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकर मंडी जिले के कोटहटली में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज तथा सोलन जिले के कोठों में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता जनमंच के राज्य समन्वयक व चीफ व्हिप नरेन्द्र बरागटा करेंगे इसी प्रकार ऊना के चिंतपूर्णी में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कुल्लू के शमशी में वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के ताल में उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर जबकि पालमपुर के कंदवाड़ी में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बिलासपुर जिले में नैनादेवी के दयोथ में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी चंबा के चुराह क्षेत्र के बैरागढ़ में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार जबकि लाहौल घाटी की जाहलमा पंचायत में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

पुलिस मुख्यालय और ज़िला भर्ती समितियों ने लिखित परीक्षा की फुल फ्रूफ तैयारियां सुनिश्चित बनाई गई हैं परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगायें गए हैं इसके अलावा परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जायेगी तथा पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी की जाएगी

चंबा जिले में आज सुबह भूकंप के दो झटके महसूस किए गए कम तीव्रता वाले भूकंप के इन झटकों में किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है

उन्होंने बताया कि भूकंप का केंद्र बिंद् चम्बा था

कुल्ल जिला के निरमंड तहसील के कुशवा गांव में कल देर रात देवी दिवासा मंदिर एक आगजनी की घटना में जलकर राख हो गया हमारे कुल्लू प्रतिनिधि आशीष शर्मा के अनुसार इस घटना में मंदिर में माता की मूर्तियां व सोने व चांदी के आभूषण आग की भेंट चढ़ गए प्राप्त जानकारी के अनुसार आगजनी में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है

पुलिस आग के कारणों का पता लगा रही है

इन समितियों के सदस्य शिमला में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से शिष्टाचार भेंट करेंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की जाएगी विधानसभा के एक प्रवक्ता के अनुसार ये समितियां प्रदेश विधानसभा में स्थापित ई विधान प्रणाली का भी अवलोकन करेंगी अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है उपचुनाव के योग्य प्रत्यायिशों की तलाश में फील्ड में खुद उतरे पांडे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों में बयानबाजी के बीच भाजपा प्रदेश प्रभारी ने संभाला मोर्चा पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आज तैयारियां पूरी

दैनिक जागरण की सुर्खी है आयुर्वेद घोटाले में कई अफसर चार्जशीट होंगे

हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है पोषण अभियान में हिमाचल की उपलब्धि खुशी देने वाली इसी खबर पर आपका फैसला के शब्द हैं सीएम ने नवाजे पोषण अभियान में बेहतर काम कर रहे अधिकारी कर्मचारी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

नमस्कार